विधानसभा चूनाव को लेकर प्रचार ने पकड़ी गति

और दूसरे चरण के लिये नाम वापसी का कल आखिरी दिन

पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 बाईट प्रोमो भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यू से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो भी नीतीश कुमार ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे

पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो वे विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आदर्श हैं विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है सभी पार्टियों के प्रमुख नेता पहले चरण में होने वाले चुनाव क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास और औरंगाबाद जिले में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि अब प्रदेश में भय मुक्त वातावरण में विकास का काम हो रहा है भाजपा चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने मूंगेर और नवादा में कहा कि इस चूनाव से बिहार के विकास को नई गति और दिशा मिलेगी भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने पटना में महागठबंधन को अपवित्र गठबंधन बताया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार में तेजी से विकास हो रहा है उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांका में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पटना में कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी संयुक्त रूप से बक्सर और रोहतास जिले में कई सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सात सभाओं को संबोधित करेंगे और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला

हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले चरण में जिले के दो विधान सभा क्षेत्रों सुल्तानगंज और कहलगांव में अट्ठाईस अक्तूबर को मतदान होगा सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट साउंड बाईट कांवरिया सर्किट के प्रमुख हिस्से में शामिल सुल्तानगंज में इस बार चुनावी गणित का गुणा भाग बदला हुआ है वर्तमान विधायक सुबोध राय को जदयू ने टिकट नहीं दिया है और टिकट पाने में प्रोफेसर ललित कुमार मंडल ने बाजी मार ली है अब यह समय ही बतायेगा कि वे चुनावी किला फतह कर पाते हैं कि नहीं

वहीं इस सीट पर लोजपा प्रत्याशी और नगर परिषद की सभापति नीलम देवी के उतर जाने से चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है बिजली नगरी कहलगांव में इस बार चुनाव का परिदृश्य बदल गया है नौ बार विधायक रहे कांग्रेस के सदानंद सिंह ने अपने परिवार की दूसरी पीढी को राजनीति में उतरने का मौका दिया है कहलगांव से कांग्रेस के टिकट पर इस बार श्मानंद मुकेश चुनाव लड रहे हैं उनके खिलाफ पिछले चुनाव में निर्दलीय उतरने वाले पवन कुमार यादव भाजपा के प्रत्याशी हैं

बिहार विधान सभा चुनाव में डुमरांव सीट चर्चा में हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि बक्सर जिले की इस सीट पर बागी उम्मीदवारों के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ खडे होने से राजनीतिक तापमान बढ गया है

सियासी उठा पटक में मौजूदा विधायक ददन पहलवान जदयू से टिकट पाने में पीछे रह गये और राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य अंजुम आरा ने बाजी मार ली चार बार इस सीट से जीत हासिल करने वाले ददन पहलवान की पार्टियां भी हमेशा बदलती रही है एक समय समाजवादी पार्टी के नेता रहे ददन जदयू का सफर तय करते हुए फिर से निर्दलीय हो गये हैं बगावत का प्रकोप राष्ट्रीय जनता दल को भी झेलना पड रहा है महागठबंधन से ड्मरांव सीट भाकपा माले की झोली में चले जाने से राजद के नेता सुनील क्मार यादव बागी हो गये हैं और निर्दलीय ही चुनावी मैदान में हैं भाकपा माले ने अजीत कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है

लोजपा रालोसपा और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों की मौजूदगी से मुकाबला रोचक होने के आसार हैं आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये नाम वापसी का कल अंतिम दिन है इस चरण में सत्रह जिलों के चौरानवे सीटों के लिये एक हजार छह सौ अंठानवे उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किये थे कल नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी कई जिलों में जांच की प्रक्रिया देर रात तक जारी थी दूसरे चरण के तहत तीन नवम्बर को मतदान होना है पटना जिले में नामांकन पत्रों की जांच के बाद नौ विधानसभा क्षेत्रों में एक सौ बयासी उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाये गये कुल बत्तीस उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है स्क्रूटनी में बख्तियारपूर में अठारह कुम्हरार में चौबीस बांकीपुर में बाईस दीघा में सोलह दानापुर में बीस फुलवारी में छब्बीस मनेर में बाईस और फतुहा में उन्नीस उम्मीदवारों के पर्चे सही पाये गये वहीं पूर्वी चम्पारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से दो और हरसिद्वी विधानसभा क्षेत्र से तीन नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये हैं विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कल अस्सी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया अब तक एक सौ तैंतालीस प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किये हैं नामांकन की अंतिम तारीख बीस अक्टूबर है इक्कीस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नाम वापसी का अंतिम तारीख तेईस अक्टूबर है इस चरण के लिये मतदान सात नवंबर को होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी और इसके उपचार से सम्बंधित टीके की आपूर्ति वितरण और अन्य तैयारियों की समीक्षा की श्री मोदी ने कहा कि देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है भारत में विशेष रूप से तीन टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है इनमें से दो टीकों का परीक्षण दूसरे तथा एक का तीसरे चरण में है भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अफगानिस्तान भूटान बांग्लादेश मालदीव मॉरिशस नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अनुसंधान कार्य में सहयोग कर रहे हैं बांग्लादेश म्यांमार कतर और भूटान ने भी अपने यहां नैदानिक परीक्षण किए जाने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रयास केवल अपने पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बलकि हमारा प्रयास पूरे विश्व के लिए होना चाहिए वैक्सीन और औषधि का निर्माण तथा उनकी आपूर्ति पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से की जानी चाहिए

प्रधानमंत्री ने देश की व्यापक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में टीका उपलब्ध कराने के उपाय करने का भी निर्देश दिया समीक्षा बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नीति आयोग सदस्य प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

खेल रत्न दीपा मलिक ने लोगों से अपने साथ साथ प्रियजनों को कोरोनो संक्रमण से बचाने के लिए मास्क पहनने हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को त्योहारों के दौरान अधिक सतर्क रहना होगा और कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी

आप सभी से निवेदन करती हूं कि प्लीज मास्क पहनते रहिए हाथ धोते रहिए अपना दायित्व समझकर दो गज की दूरी बनाए रखिए जो हमारा दायित्व है

ये त्यौहार का माहौल है त्यौहार की सेलिव्रेशन में हमें अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है इस समय प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कुल दस हजार पांच सौ चौवन कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है इस संक्रमण से अब तक एक लाख इक्यानवे हजार पांच सौ पंद्रह लोग स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना के कारण अब तक नौ सौ नब्बे लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में अब तक नब्बे लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है उधर पिछले चौबीस घंटों में एक हजार एक सौ तिहत्तर नये मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख तीन हजार साठ हो गई है पटना जिले में सबसे अधिक दो सौ पचास नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा पूर्णिया में एक सौ इकतीस मुजफ्फरपुर में अंठावन और मधेपुरा में तैंतालीस नये मरीज पाये गये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं पूर्णिया रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विनोद कुमार की आज पटना एम्स में इलाज की दौरान मौत हो गई है उन्हें तीन दिन पूर्व ही कोरोना संक्रमित होने की वजह से पटना एम्स में भर्ती कराया था कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है जदयू को कम सीटें तो भी नीतीश मुख्यमंत्री दैनिक जागरण ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को सुर्खी बनाते हुये लिखा है दस लाख नौकरियों का वादा दैनिक भास्कर ने विकास की रैंकिंग से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है भूख में भारत की खराब रैंकिंग की वजह बिहार भी पर यह मुद्दा नहीं प्रभात खबर ने कोरोना वैक्सीन के वितरण से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव को सुर्खी बनाते हुये लिखा है चुनाव कराने की तरह हो वैक्सीन का वितरण ताकि हर किसी के पास पहुंचे इसके अलावा अखबारों ने चुनाव से जुड़ी खबरों को अंदर के पन्नों पर भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है

विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार ने पकड़ी गति

और दूसरे चरण के लिये नाम वापसी का कल आखिरी दिन